राज्य के झुंझुनूं और जैसलमेर को छोडकर सभी जिलों में पहले चरण के तहत मतदान हआ

सरकारी नौकरियों में विशेष पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने के संबंध में आज जयपुर में एक बैठक आयोजित हुई मुख्य सचिव डी बी गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया

दिल्ली की एक अदालत ने इन चारों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल चारों में से एक दोषी मुकेश द्वारा भेजी गयी दया याचिका को खारिज किया था

राजस्थान आवासन मण्डल की कल जयपुर में बैठक आयोजित की गई

उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

देशभर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और माता पिता कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों के उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे अलवर जिले के मालाखेडा की तीन और जैसलमेर जिले की एक बालिका का परीक्षा पे चर्चा कार्यकम में भाग लेने के लिए चयन हआ है

राजस्थान हाईकोर्ट ने बाडमेर जिले में पुलिस हिरासत में आरटीआई कार्यकर्ता की मौत के मामले में सीबीआई जांच कराने की याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने विभिन्न रिपोर्टो के आधार पर माना कि जिले के पचपदरा थाने में कार्यकर्ता की मौत का कारण हार्ट अटैक था और पुलिस को किसी भी हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता राज्य के पूर्व राज्यमंत्री रतनलाल ताम्बी का लम्बी बीमारी के बाद कल सवाई मानसिंह अस्पताल में निधन हो गया

श्री ताम्बी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके थे

राज्य सरकार ने कांस्टेबल के पांच हजार पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है